प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज देश में कोरोना की रिथिति और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में टीकाकरण की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई बैठक में मंत्रिमंडल सचिव प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव स्वास्थ्य सचिव और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की स्थिति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केन्द्रों और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया यह वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन तीन करोड़ स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्धन कराई जाएगी इसके बाद पचास वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को टीका लगाया जाएगा इनकी संख्या तकरीबन सत्ताईस करोड़ है प्रधानमंत्री को को विन वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बताया गया इस पर अभी तक उनयासी लाख से ज्यादा लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं टीकाकरण कर्मियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी निर्धारण हो चुका है कुल दो हजार तीन सौ साठ लोगों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण दिया गया है

उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित उत्पादों और उपायों से पुरे विश्व को फायदा होगा सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज वर्चुअल तरीके से उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने यह बात कही उन देशों में भारत एक है आज भारत एक नहीं बल्कि दो मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है इस पर भी नजरें हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रवासी भारतीयों ने कोरोना महामारी से निपटने में बडा योगदान दिया है प्रधानमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी ग्यारह जनवरी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम और टीकाकरण की तैयारियों के संबंध में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे इस वजह से मुख्यमंत्री का ग्यारह जनवरी को दंतेवाड़ा जिले का प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गया है मुख्यमंत्री कल दस जनवरी को बीजापुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे कोरोना समाचार देश में अब तक अटठारह करोड से ज्यादा कोविड नमुनों की जांच कर ली गई है कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव चार एक प्रतिशत हो गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर एक करोड चौव्वन हजार से अधिक हो गई है संक्रमित मामलों की कुल संख्या में केवल दो दशमलव एक पांच प्रतिशत सक्रिय मामले ही शेष बचे है इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो लाख सतयासी हजार से अधिक हो गई है वर्तमान में नौ हजार से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है प्रदेश में अब तक कोरोना से तीन हजार चार सौ उनहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है इस बीच कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए राजनांदगांव शहर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की शपथ दिलाई गई और उन्हें मास्क का वितरण भी किया गया इस अवसर पर कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है इसके मद्देनजर हमें सामूहिक आयोजनों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना चाहिए मुख्यमंत्री नारायणपुर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज नारायणपुर जिले में लगभग छियासी करोड़ रूपये के विभिन्न विकास कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले में इस साल सौ पक्के घोट्लों के निर्माण की घोषणा की साथ ही उन्होंने जिले की सभी एक सौ चार ग्राम पचायतों में नौ नौ लाख रूपये की लागत से देवगडियों का विकास करने का भी ऐलान किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की घोटुल परंपरा को देखने समझने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं घोटुल हमारे युवाओं की सामाजिक गतिविधियों के कोन्द्र रहे हैं और वहां बैठकर वे अपने गांव तथा क्षेत्र के विकास की चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर एक साल के भीतर सौ घोट्लों के निर्माण की घोषणा की मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले के प्रवास के दौरान केरलापाल स्थित गौठान का भी निरीक्षण किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा महिला स्व सहायता समूहों और पश्पालकों के लिए किए जा रहे विभिन्न आजीविका संवर्धन की गतिविधियों की सराहना की धान खरीदी प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य जारी है अब तक चौंसठ लाख मीटरिक टन से अधिक धान की खरीदी कर ली गई है इस दौरान प्रदेश के लगभग सोलह लाख किसानों ने धान बेचा है वहीं मिलरों द्वारा सोलह लाख पचयासी हजार मीटरिक टन से ज्यादा धान का उठाव कर लिया गया है धान खरीदी का कार्य इकतीस जनवरी तक चलेगा जांजगीर चांपा जिले के प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन ने पेण्ड्री स्थित धान उर्पाजन केन्द्र का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने उपार्जन केन्द्र में खरीदे गए धान को व्यवस्थित रूप से रखने और ड्रेनेज की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए दूसरी ओर धान खरीदी और चावल उर्पाजन का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर यह मांग की गई है कि केन्द्र सरकार को निर्देशित किया जाए कि वह एफसीआई को छत्तीसगढ़ से साठ लाख मीटरिक टन चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान करे जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार एफसीआई तथा मार्कफेड से जवाब मांगा है इस बीच महासमुंद जिले में धान भंडारण के अलग अलग चार मामलों में एक सौ छियालीस क्विंटल धान जब्त किया गया है जिले में अब तक एक सौ छियालीस प्रकरण दर्ज किए गए हैं जिसमें तीन हजार नौ सौ चौहत्तर क्विंटल धान की जब्ती की गई है

स्वास्थ्य विभाग के जमीनी कार्यकर्ता गांव गांव जाकर ग्रामीणों में सिकल सेल की जांच करेंगे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस संबंध में राज्य के पांच जिलों में पॉयलेट प्रोजेक्ट की शुरूआत की है दुर्ग सरगुजा दंतेवाड़ा कोरबा और महासमुंद जिलों में इस प्रोजेक्ट के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आईसीएमआर के मुंबई स्थित संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनो हिमेटोलॉजी के विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा उल्लेखनीय है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले दो वर्षो में सिकल सेल के संदेहास्पद प्रकरणों की पहचान के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की गई है इसमें एक लाख तीन हजार लोगों को चिन्हांकित कर उनका इलाज किया जा रहा है आयुष्मान भारत ई कार्ड आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खुबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को निःशुल्क ई कार्ड का वितरण किया जा रहा है ई कार्ड बनने से हितग्राहियों को योजना के तहत उनकी पात्रता की जानकारी और इलाज की सुविधा मिल सकेगी महासमुंद जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी एनके मंडपे ने बताया कि राज्य शासन द्वारा संचालित डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवारों को पांच लाख रूपये तक और एपीएल परिवारों को पचास हजार रूपये तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है ई कार्ड बनाने के लिए हितग्राही को अपने राशन कार्ड और फोटो पहचान पत्र लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाना होगा कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम राष्ट्रीय कृष्ठ उन्मुलन कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड में कृष्ठ रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है इस दौरान एक सौ बारह ग्राम पंचायतों में चालीस नये कुष्ठ रोगियों की पहचान की गई है इनमें अटठाईस टीबी और बारह एमबी के नये प्रकरण शामिल हैं जिला कुष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि समुदाय में रोग के संक्रमण को रोकने और कुष्ठ रोग से प्रभावित नये मरीजों की पहचान के लिए परिवार के मुखिया को प्रशिक्षित किया गया है मुखिया द्वारा ही परिवार के प्रत्येक सदस्य के शरीर में दाग और धब्बों की पहचान की जा रही है पाटन विकासखंड में यह अभियान बीस जनवरी तक चलेगा लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की चौदहवीं कड़ी का प्रसारण कल दस जनवरी को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों और एफएम रेडियो के अलावा क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा हमर ग्राम सभा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात साढ़े सात बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कार्यक्रम को मीडियम वेव नौ सौ इकयासी किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र एक साथ रिले करेंगे बर्ड फ्लू प्रदेश में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए अलर्ट जारी किया गया है राज्य शासन के पशुधन विकास विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू रोग से बचाव के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है साथ ही जिला और विकासखंड स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन भी किया गया है भाजपा बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने धान खरीदी के मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है श्री साय ने कहा है कि कांग्रेस किसानों और आम जनता का भरोसा खो चुकी है अब प्रदेश की जनता कांग्रेस के झांसे में नहीं आने वाली है श्री साय ने कहा कि प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था चरमरा गई है भाजपा राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों को अब जनता के बीच उजागर करेगी आप धरना चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों को न्याय नहीं मिलने के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज कोंडागांव से जन आक्रोश पदयात्रा निकाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हपेंडी ने बताया कि यह पदयात्रा जगदलपुर तक निकाली जाएगी जहां संभाग आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया जाएगा इस मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर जनसंपर्क विभाग द्वारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ युवा विषय पर स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है अब तक साढे दस हजार लोगों ने ऑनलाइन पंजीयन करा लिया है स्लोगन स्व लिखित होना चाहिए भाषा छत्तीसगढ़ी हिन्दी और अंग्रेजी होगी इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए किया जा सकेगा सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र और सौ सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसंपर्क विभाग द्वारा एक एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छ्क प्रतिभागी कल दस जनवरी तक जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं सुभाषचंद्र बोस जयंती समिति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक सौ पच्चीसवीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय समिति तेईस जनवरी से एक वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी शहरी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शहरी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत रायपूर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में आगामी सत्ताईस जनवरी से सत्ताईस फरवरी तक अभियान चलाया जाएगा इस दौरान महापौर और अधिकारी नगर निगम की टीम के साथ वार्डों में जाएंगे महापौर एजाज ढेबर ने आज जोन अध्यक्षों और अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए अभियान में नगर निगम के कर्मचारी एक महीने तक ईंधन युक्त वाहन का उपयोग नहीं करेंगे सभी कर्मचारी साइकिल या सार्वजनिक वाहन का उपयोग कर कार्यालय आएंगे

इस मौके पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन पद्मश्री धर्मपाल सैनी महापौर सफीरा साहू सहित जनप्रतिनिधियों अधिकारियों कर्मचारियों और नागरिकों ने श्रमदान किया

राजनांदगांव और मुंगेली जिले में छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले पंद्रह दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत पचावल में रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन आज चौथे दिन भी जारी रहा

कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद थे बालोद जिले के डाँडीलोहारा विकासखंड के ग्राम पोड़गुड़ा के किसानों ने गोंदली जलाशय एलबीसी नहर से रबी फसल के लिए पानी देने की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कबीरधाम जिले के ग्राम तरमा में रेंगाखार पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत तीन दिवसीय कबड़डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया